विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि आगामी इक्कीस जनवरी से तेईस जनवरी तक वाराणसी में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की तयारियां पूरी कर ली गई है श्रीमती स्वराज ने कहा कि इस तीन दिवसीय आयोजन में शामिल होने के लिये इस बार पांच हजार आठ सौ दो प्रवासी भारतीयों ने पंजीकरण कराया है

इस अवसर पर मॉरीशस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे

इसमें जो विशेषज्ञ है उस क्षेत्र के उनको बाहर से बुलाते है और जो विशेषज्ञ भारत में हैं उनको बैठाते है दिन भर चर्चा करते है और फिर जो उनकी अनुशंसाय होती है उसे बड़े प्रवासी भारतीय दिवस पर सभी प्रतिभागियों के सामने रखकर चर्चा करवाते है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सिलसिले में तीन तरह की व्यवस्थायें प्रमुख रूप से की गई हैं श्री योगी ने कहा कि काशी आथित्य के तहत नगर के कुछ परिवारों को चुना गया है जो अपने घरों में भारतीय प्रवासियों को ठहरायेंगे काशी में टेंट सिटी बनाई गई जहां विभिन्न सुविधाओं के साथ स्विस काटेज की व्यवस्था है इसके अलावा नगर के प्रमुख होटलों में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया है इसके अलावा भारतीय प्रवासियों को काशी नगर क भ्रमण के साथ साथ प्रमुख घाटों महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराया जायेगा उन्होंने कहा कि इस दौरान गंगा अवतरण सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिवस अतिथियों के लिये अलौकिक अनुभव का अवसर होगा

क्योंकि प्रवासी दिवस में एक सरकारी कार्यक्रम और उस कार्यक्रम में भारत के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई योजनाओं या फिर भारत के साथ अपने अनुमवों को शेयर करने के साथ साथ भारत की संस्कृति भारत की परम्परा और समृद्ध भारत की उस तस्वीर को देखने का वह अवसर उन्हें नजदीक से नहीं मिल पाता था यह पहला अवसर होगा जब काशी और प्रयागराज में सभी प्रवासी भारतीयों को आने का अवसर प्राप्त होगा हम लोग इसके लिये पूरी तरह तैयार है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने समाजवादी पार्टी और बसपा के चुनावी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा है कि इस गठबंधन का आधार भ्रष्टाचार है श्री नड्डा ने आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा किये गये विकास और जनकल्याणकारी कामों के आधार पर भाजपा को पुनः जनसमर्थन हासिल होगा और उसे संसदीय चुनाव में पहले के मुकाबले में ज्यादा सीटें मिलेंगी श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदेशवासियों के हित के लिये कई अहम काम किये हैं

इस बीच श्री नड्डा ने संगठन को और मजबूत करने के अलावा आगामी लोकसभा चनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की

उन्होंने बताया कि मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक हफ्ते के अंदर इस बारे में आदेश जारी कर देंगे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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल प्रयागराज आ रहे हैं एक दिवसीय प्रवास के दौरान श्री कोविंद संगम तट पर चल रहे कुंभ में पूजा अर्चना के अलावा अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस दौरान वह कई प्रमुख साधु संतों और धार्मिक विद्वानों से मुलाकात करेंगे इसके अलावा श्री कोविंद प्रयागराज में स्थापित महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे बाद में राष्ट्रपति अरेल क्षेत्र स्थित परमार्थ निकेतन में विश्व शांति यज्ञ में भाग लेंगे तथा वह महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्तो के अवसर पर गांधी पुनरूत्थान सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे कुंभ में देश के कोने कोने से बडो संख्या में श्रद्वालुओं के आने का क्रम जारी है कल दो करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर डुबकी लगाई कुंभ को दिव्य भव्य और स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं एक रिपोर्ट प्रयागराज कुंभ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का साक्षी है बल्कि स्वच्छता सहित सामाजिक और अन्य विषयों पर जागरूकता पैदा कर रहा है

प्रदर्शनी में दर्शक कठपुतली शो द्वारा स्वच्छता पर दिये जा रहे संदेश में गहरी रूचि दिखा रहे लोग उस पटल पर भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं जहां पर स्वच्छता में योगदान की वह शपथ लेते है और उसका प्रमाण पत्र उनको मशीन द्वारा हाथो हाथ प्राप्त हो जाता है

मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार कुंभ मेला प्रयागराज केन्द्र ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिये सातवें वेतन आयोग की सुविधाओं को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंज्री दे दी है

वाराणसी के प्रसिद्ध शहनाई वादक पंडित कृष्णराज चौधरी का आज दोपहर प्रयागराज में निधन हो गया

संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये उन्हें दो हजार सत्रह में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था इससे पूर्व उन्हें दो हजार नौ में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था वह आकाशवाणी वाराणसी के टॉप ग्रेड कलाकार थे